मृतकों की संख्या अट्ठाईस पर पहुंची

केन्द्र सरकार ने आज नौ सौ साठ विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर दस साल का प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है काली सूची में डाले गये ये विदेशी नागरिक तब्लीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे अप्रैल में सरकार ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों में शामिल कुछ विदेशी नागरिकों को काली सूची में डालकर उनका वीजा रद्द कर दिया था प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के चौरानवे नये मरीजों की पूष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार चार सौ बीस हो गयी है आज प्रर्णिया और वैशाली से बारह बारह मामले सामने आये हैं नवादा से आठ सुपौल जहानाबाद रोहतास और गोपालगंज से सात सात पटना और सहरसा से चार चार गया बेगूसराय और भागलपुर से तीन तीन नालंदा अरवल दरभंगा जमुई से दो दो तथा मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण औरंगाबाद कैमूर लखीसराय और सीतामढ़ी से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से अट्ठाईस लोगों की मौत हो च्रकी है आज पटना के एनएमसीएच में दो मरीजों की मौत हुई शिवहर और बेगूसराय के एक एक बुजुर्ग मरीजों की मौत हुई है ये दोनों पहले से कई रोगों से ग्रसित थे श्री कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पंचानवे लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ इक्कीस हो गयी है अब तक सामने आये पॉजिटिव मामलों में तीन हजार दो सौ पैंतालीस प्रवासी लोगों के हैं विभागीय सचिव ने कहा कि होम क्वारेंटीन में रह रहे चार लाख बहत्तर हजार लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग हो चुकी है इनमें से एक सौ छियानवे व्यक्तियों में सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है इधर देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या दो लाख सोलह हजार नौ सौ उन्नीस हो गई है अब तक एक लाख चार हजार एक सौ सात लोग ठीक हो चुके हैं जबकि इस महामारी से छह हजार पचहत्तर लोगों की मौत हुई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर अड़तालीस प्रतिशत हो गई है वहीं मृत्यु दर घटकर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कडाई से पालने करने की सलाह दी साउंड बाईट सारे लोगों से यहीं अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंगस हैंड वॉसिंग हम पूरी तरह से करें हम यह एक नियम बना ले कि चाहे वो थूकना हुआ चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हुआ चाहे जब भी घर आयें तो हाथ धोएं जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंड वोसिंग रेगुलरलो करे इससे कोविड ही नहीं कई और इन्फ्रेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू या टीबी है ये भी हमारे देश में कम होंगे केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड उन्नीस एक वायरस जनित रोग है न कि बैक्टीरिया जनित रोग यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड उन्नीस एक बैक्टीरिया है और इसका इलाज एस्प्रिन से किया जा सकता है सरकार ने यह भी कहा है कि कोविड उन्नीस की दवा अभी उपलब्ध नहीं है शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिये सुझाव मांगे हैं शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर शिक्षण संस्थानों से नौ बिन्दुओं पर सुझाव मांगे गये हैं सभी डीईओ अपने अपने जिले के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से कोविड उन्नीस के संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर संस्थान खोलने और पठन पाठन की व्यवस्था पर परामर्श लेंगे पटना उच्च न्यायालय में पंद्रह जून तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही मामलों की सुनवाई होगी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य की अदालतों में कामकाज के तरीकों पर हुई सुनवाई में इस बात पर सहमति बनी वंदे भारत मिशन के तहत आज पांच सौ छियालीस अप्रवासी भारतीय द्वबई और ढाका से विशेष विमानों के माध्यम से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुबई से दो विमान और एक विमान ढाका से आया है इन विमानों से लौटे झारखंड के इक्यानवे लोगों को सड़क मार्ग से गृह राज्य रवाना कर दिया गया वहीं बिहार के लोगों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बोधगया स्थित क्वारेंटीन सेंटर में भेज दिया गया है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है आज नौ ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंच रही हैं इनसे लगभग पंद्रह हजार लोग वापस लौट रहे हैं कल भी आठ ट्रेनों के माध्यम से तेरह हजार से अधिक लोगों की राज्य वापसी होगी इनमें में तीन तीन ट्रेन केरल और कर्नाटक से जबकि दो ट्रेन तमिलनाडु से आ रही हैं झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार समेत दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर सरकार के फैसले से अवगत करा दिया है पत्र में कहा गया है कि निजी वाहनों को भी झारखंड में प्रवेश के लिये ई पास आवश्यक होगा प्रदेश में लॉकडाउन के पांचवे चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि नौ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो हजार पांच सौ सोलह वाहन जब्त किये गये हैं जबकि नवासी लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेल और प्याज तथा आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेश के लिए अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप दूर होगा

किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है यानी कोई निर्यातबद्ध है कोई प्रोसेसर है कोई दूसरे पदार्थो का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा मिली है भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश दो हजार बीस को भी मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा

मंडियां रहेंगी राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा लेकिन एपीएमसी की परिधी के बाहर जो सारा क्षेत्र है चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो उस घर में जाकर भी कोई कम्पनी संस्था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एफपीओ कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह वहां से माल खरीदेगा और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स कानूनी बंधन नहीं होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार के इस फैसले से किसान उपभोक्ता और व्यापारी सभी वर्गों के हितों की रक्षा होगी साउंड बाईट सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर नियमन से संबंधित नियमों को उदार बनाते हुए उपमोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि अकाल युद्ध कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन क्राष्ट उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है हालांकि मूल्य श्रृंखला के किसी भी प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और किसी भी निर्यातक की निर्यात मांग इस तरह की स्टॉक सीमा की व्यवस्था से मुक्त रहेगी ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश प्रभावित न हो इस संशोधन के जरिये किसान और उपभोक्ता दोनों लाभान्यित होंगे तथा मृत्य में स्थिरता भी आयेगी साथ ही भंडारण सुविधाओं के अमाव के कारण होने वाली किसी उपज की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा

केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का बिहार के किसानों ने स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सअप पर हैलो बहन नाम से एक ग्रुप बनाकर महिलाएं अपने काम से तारीफ बटोर रही हैं सुनते हैं सासाराम से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट साउंड बाईट महिलाओं का व्हाटस अप समूह हैलो बहन इन दिनों रोहतास जिले में चर्चा में है इस समूह के माध्यम से संज्ञौली प्रखंड की उप प्रमुख उपाध्याय ने एक अभियान सा शुरु कर रखा है

हम उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं

समाज की समस्या समझते हुए महिलाओं के बीच से ही उठकर हैलो बहन की सदस्य सबसे सुलभ तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि मोबाइल तथा व्हाटसअप की अब घर घर तक पहुंच आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददनजी पांडेय मतदाता सूची में नये नाम दर्ज करवाने का काम पंद्रह जून से शुरू होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है साथ ही पुराने मतदाताओं से नाम पता उम्र तथा पिता और पति के नाम में भी सुधार के लिये भी आवेदन लिये जायेंगे चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार तूफानी हवा राज्य में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करेगी जिससे बक्सर भोजपुर भभुआ जहानाबाद और औरंगाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका है उत्तर पश्चिम के जिले पूर्वी और पश्चिम चंपारण सिवान सारण और गोपालगंज के क्षेत्रों में भी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इधर आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है पार्टी नेताओं ने कहा कि कोरोना संकट के समय सरकार ने जिस तरह आम लोगों की मदद की है उससे विश्व स्तर पर देश की अलग छवि बनी है

मृतकों की संख्या अट्ठाईस पर पहुंची